उन्होंने महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में डाक टिकट जारी किया महाराजा सुहेल देव की सौर्य गाथा देश के लिए उनके योगदान को नमन करते हुए थोड़ी देर पहले उनकी स्मृति में पोस्टल स्टैंप जारी किया गया है पांच रुपये की कीमत का यह डाक टिकट लाखों की संख्या में देशभर के पोस्ट आफिस के माध्यम से देश के घर घर पहुंचने वाला है एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल को चिकित्सा का प्रमुख केन्द्र बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं आज प्रर्वाचल को देश का एक बड़ा मेडिकल हब बनाने का कृषि से जुड़े शोध का महत्वपूर्ण सेंटर बनाने और यूपी के लघ् उद्योगों को मजबूत करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने समाजिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को गरिमा के साथ जीने के लिए कई कदम उठाए हैं केन्द्र और यूपी सरकार पूरी ईमानदारी से यह प्रयास कर रही है कि गरीब पिछड़े दलित शोसित वॉवित पिछड़े हर प्रकार से समाज का यह तबका सशक्त हो सामर्थवान हो अपने हकों का पाकर करके रहे यह सपना लेकरके हम काम कर रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने आज बाद में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई की आधारशिला रखी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग चार घंटे तक रहें इस दौरान श्री मोदी एक सौ अस्सी करोड़ रुपये की लागत वाली पन्द्रह विकास योजनाओं का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री वाराणसी में छठे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र के दक्षिण एशियाई परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया यह केन्द्र इलाके के किसानों को कम पानी से पैदा होने वाली चावल की किस्मों और सुगर फ्री तथा हाईप्रोटीन वाली चावल की किस्में विकसित करने में मदद करेगा आज ही प्रधानमंत्री ने संपन्न साफ्टवेयर का भी उद्घाटन किया जिसका विकास पेंशनधारकों की समस्याओं को कम करने के लिए किया गया है इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शहर के बड़ा लालपुर इलाके में गये और दीनदयाल हस्तकला संकुल में एक जिला एक उत्पाद योजना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया तथा बुनकरों से संवाद किया प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अठान्नबे करोड़ की लागत की चौदह विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने की किसी भी योजना का उद्देश्य कृषक समुदाय के जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि ऐसी योजना के दायरे में छोटे और सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन किसानों को भी लाना होगा राजीव कुमार ने कहा कि व्यापक बुनियादी आय योजना के लिए इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कई सब्सिडी योजनाएं पहले से ही लागू हैं सब्सिडी और ऐसी योजना एकसाथ नहीं चल सकतीं उन्होंने कहा कि राजकोपीय क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा राजीव कुमार ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षो के दौरान उतार चढ़ाव से निकलकर ठोस वृद्विदर हासिल की है और मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण में रखा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशों के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की इक्यावनवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चौनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाईट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट ऑल इण्डिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट इन पर भी इसे सुना जा सकता है कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा

विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा हैंडबुक में साइबर अपराधों और ई मेल जालसाजी संबंधी समस्याओं का उल्लेख है इसमें विद्यार्थियों को ई मेल पर अनजान लोगों का मैत्री प्रस्ताव स्वीकार न करने की सलाह दी गई है इसका उद्देश्य लोगों विशेषकर विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक बनाना और इनसे सुरक्षा उपलब्ध कराना है